बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है मंत्री परिषद की बैठक में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित बच्चों के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर नीति बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसके तहत ऐसे मामलों में इलाज राज्य के बाहर अस्पतालों में कराया जा सकेगा जिसका खर्च राज्य सरकार उठायेगी वहीं बैतूल जिल के सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की दो इकाईयों को बंद करने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है

कांग्रेस आज भी इस मामले में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग पर अड़ी रही वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई बार सदन में दोहराया कि जब मंत्री श्री सिंह प्रीति को अपनी पुत्रवधू स्वीकार कर चुके हैं तो अब क्या बचा है इसके बाद भी कांग्रेस ने नारेबाजी की और आसंदी के पास पहुंचकर अपनी मांग दोहराई पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के कारण प्रश्नकाल भी नहीं चल सका विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह डॉ गोविंद सिंह और राम निवास रावत ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के इशारे पर विघानसभा में काम हो रहा है उनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है लेकिन वे हमेशा विपक्ष की आवाज दबाते हैं भावांतर ग्रामसभा प्रदेश में आज भावांतर भुगतान योजना से संबंधित विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जा रहा है इन ग्रामसभाओं में रबी फसलों के किसानों और ई पोर्टल पर आवेदन नहीं करने वाले गेहूं उत्पादकों का ऑफलाइन पंजीयन कराया जा रहा है

उमरिया में ग्रामसभाओं के अंतर्गत चना मसूर सरसों और प्याज की फसलों का पंजीयन किया जा रहा है अशोकनगर में भी समी पंचायतों में ग्रामसभायें आयोजित की जा रही है

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप तथा माई जीओवी के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं विश्व वानिकी दिवस आज विश्व वानिकी दिवस है दुनियाभर में वनों को महत्व देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व वानिकी दिवस पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देते हुए जीवन में कम से कम पांच पौधे अवश्य लगाने की अपील की है उन्होंने कहा कि धरती के हरे आवरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति की दिव्य शक्तियों में आस्था रखे वहीं वनमंत्री गौरीशंकर शेजवार ने भी विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों से पेड़ों की सुरक्षा और नये क्षेत्रों में पौध रोपण का संकल्प लेने की अपील की है अपने संदेश में श्री शेजवार ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिए हरियाली का होना अति आवश्यक है वनमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष दो जुलाई को नर्मदा नदी के बछार में एक दिन में सात करोड़ से अधिक पौधे लगाये गये थे सभी का प्रयास होना चाहिए कि ये पौधे बड़े होकर वृक्ष बन सके विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं